मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष अभियान चलाकर राजस्व और चकबंदी मुकदमों को तय समय सीमा के भीतर निपटाने के दिये निर्देश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अब अटल बिहारी वाजपेयी सबका साथ सबका विकास नाम से जानी जायेगी ढ़ाई सौ से अधिक आबादी वाले गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने वाली योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने परिसरों में जंक फूड बेचने पर पाबंदी लगाने का दिया निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को सौंपे इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सुषमा स्वराज और दिवंगत नेता के परिजन उपस्थित थे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलशों को ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्यों की राजधानी और सभी जिलों में अस्थि कलश यात्रा आयोजित करेंगे और अस्थियों को प्रमुख नदियों में विसर्जित किया जायेगा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीशवन्द श्रीवास्तव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आज केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्रनाथ पाण्डेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी के अस्थि कलशों को लेकर राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे जहां उनकी अस्थियों को गोमती नदी में विसर्जित किया जायेगा श्रद्देय अटल जी के कलश माननीय राजनाथ जी और प्रदेश अध्यक्ष जी लेकर दोपहर में एक बजे के आस पास लखनऊ एयरपोर्ट पर आयेंगे यहां माननीय मुख्यमंत्री और माननीय दोनों उपमुख्यमंत्री आदर्णीय केशव प्रसाद मौर्य जी और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी तथा कैबिनेट के सभी सदस्य और पार्टी के पदाधिकारी इसके साथ अन्य गणमान्य लोग वहां उसको रिसीव करेगे वहां से काफिला भाजपा कार्यालय आयेगा वहां पर लोग उनके अस्थि कलश पर पृष्प अर्पित करेंगे और श्रद्वा से मीटिंग करेंगे और उसके पश्चात वे झूलेलाल पार्क जायेगा जहां उनकी श्रद्धांजलि सभा होनी है और उसमें सभी दल के सभी धर्म के लोग कहां उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगे और उसके परचात उनका गोमती नदी में विसर्जन होगा इसके साथ कल सुबह श्री अटल जी का अस्थि कलरा पूरे प्रदेश में जो प्रमुख नदियां हैं सबमें उनकी अस्थियां प्रवाहित की जायेंगी

इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की बौद्ध धरोहर को प्रदर्शित करना और देश के बौद्ध स्थलों में पर्यटन को बढ़वा देना है एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि आसियान देशों का मंत्री स्तरीय शिष्टमंडल इस सम्मेलन में हिस्सा लेगा अमरीका ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस और रूस समेत उन्तीस देशों के शिष्टमंडल भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जापान इस सम्मेलन का प्रतिभागी देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व व चकबंदी मुकदमों को तय समय सीमा में विशेष अभियान चलाकर निपटाने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि पांव वर्ष से अधिक मामलों को चिन्हित करके प्राथमिकता पर निपटाया जाये साथ ही मण्डल जनपद तथा तहसील स्तरीय राजस्व भवनों का निर्माण समयबद्द तरीके से किया जाये वह लखनऊ में राजस्व विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने एंटी भू माफिया अभियान राजस्व भवनों के नवनिर्माण भू मानचित्रों के डिजिटिलाइजेशन खतौनी के खातेदारों के अंश निर्धारण शिकायतों के निस्तारण प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सहित अन्य योजनाओं तथा राजस्व विभाग में रिक्त पदों की तैनाती की स्थिति और आपदा एवं राहत कार्यो की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने शिकायतों के गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों का समाधान तभी माना जाये जब शिकायतकतों संतुष्ट हो जाये उन्होंने एंटी भू माफिया अभियान के तहत चिन्हित किये गये भू माफियाओं अभियान में दर्ज की गई एफआईआर राजस्व और सिविल वादों के संबंध में की जा रही कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास से केरल के बाद पीड़ितों की सहायता के लिए खाद्य सामग्रियों से भरे पच्चीस ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर खाना किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश केरल की जनता के साथ है

होमगार्ड विमाग के द्वारा एक दो ट्रक दवा आदि की व्यवस्था कहां के लिए की गई थी लेकिन वहां की सरकार ने इस बारे में कहा कि वहां पर दया आदि की नहीं बल्कि अन्य खादय सामग्री की आवश्यकता है और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के द्वारा सात मीट्रिक टन राहत खाद्य सामग्री इसमें बिस्किट हैं ड्राई फूट हैं फूट जूस हैं पानी को बोतलें हैं मोमबत्ती हैं नमकीन हैं मिल्कपाउडर है चिप्स हैं और अन्य जो सामग्रियां हैं यहां से वहीं भेजी जा रही हैं प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ढाई सौ से अविक आबादी के राजस्व गांवों और बसावटों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने वाली सबका साथ सबका विकास योजना का नाम भारत रल पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का फैसला किया है सबका साथ सबका विकास योजना अब अटल बिहारी बाजपेयी सबका साथ सबका विकास योजना के नाम से जानी जायेगी उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो कान्फ्रॅसिंग के माध्यम से विमागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान यह बात कही उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों अथवा अन्य प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के गॉवों और कस्बों तक सड़क बनाने का काम किया जायेगा उन्होंने बताया कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में स्वीकृत चौवन मार्गो का निर्माण कार्य श्रू हो चुका है इन मार्गो में राज्य की सीमा पर एक प्रवेश द्वार भी बनाया जायेगा श्री मौर्य ने कहा कि समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित गाँवों में शहीदों के नाम पर प्रवेश द्वार भी बनाये जायेंगे उन्होंने भू माफियाओं के कब्जे से लोक निर्माण विमाग की जमीन को अभियान चलाकर मुक्त कराने के भी निर्देश दिये क्म्भ मेले पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नगर विकास और लोक निर्माण विभाग के काम समय पर पूरे किये जायेंगे श्री मौर्य ने कहा कि मेरिट में स्थान पाने वाले छात्रों के गॉवों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गो पर जो साइनबोर्ड लगाये जायेंगे उन पर बच्चों की फोटो लगाई जायेगी उन्होंने लोक निर्माण विमाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हए कहा कि प्रदेश में समस्त निर्माणाघीन कार्यो एवं मरम्मत से संबघित कार्यो की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों से अपने परिसरों में जंक फूड यानी ज्यादा कैलोरी और कम पौष्टिकता वाले खाद्य पदार्थ बेचने पर पाबंदी लगाने का निर्देश देने को कहा है अपने पत्र में आयोग ने कहा है कि कॉलेजों में जंक फूड पर पाबंदी लगने से पौष्टिक आहार के नये मानदंड कायम होंगे जिससे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अव्छा रहेगा और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें मोटापे से भी घ्टकारा मिलेगा इससे जीवन शैली संबंधी बीमारियां भी नहीं होंगी जो सीघे तौर पर मोटापे से जुड़ी हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह पत्र मानव संसाधन मंत्रालय के उस निर्देश के आधार पर जारी किया है जिसमें शिक्षण संस्थाओं के परिसर में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने को कहा गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इण्डोनिशिया में चल रहे एशियाई खेलों में प्रदेश के मुजफ़फ़रनगर जिले की महिला रेसलर दिव्या काकरान को अड़सठ किलोग्राम फी स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बघाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिव्या काकरान को कांस्य पदक जीतने पर अनुमन्य पुरस्कार राशि के साथ साथ राज्य सरकार में राजपत्रित अधिकारी के पद पर नौकरी दी जायेगी श्री योगी ने कहा कि लगन और परिश्रम के बल पर दिव्या काकरान ने बेहतरीन प्रदर्शन करके देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है पूरा राज्य इनकी उत्कृष्ट उपलब्धि से गौरवान्वित है देश भर में कल कुर्बनी का त्यौहार ईद उल अजहा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष सामूहिक नमाज अदा की गई नमाजियों ने मुल्क की तरक्की अमनचैन के साथ बरक्कत और खुशहाली के लिए दुआ की